अगले शैक्षिक सत्र से सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप चुनाव के लिये प्रचार आज शाम होगा समाप्त मतदान इक्कीस अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल हरियाणा के गोहाना में एक रैली में कहा कि राज्य में भाई भतीजावाद की जगह व्यक्तिगत योग्यता ने ले ली है श्री मोदी ने कहा कि सोनीपत का सम्बन्ध किसान जवान और पहलवान से है और भाजपा ने इस अक्वारणा को बनाये रखने का प्रयास किया है उन्हॉने कहा कि कांग्रेस को हमारे हर काम से समस्या है चाहे वह अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हो या सर्जिकल स्ट्राइक अथवा स्वच्छ भारत अभियान

आप मुझे बताइए ये यहां के जवानों का अपमान है के नहीं है यहां के शहीदों का अपमान है के नहीं है यहां की वीर माताओं का अपमान है के नहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आई है और देश में पिछले चालीस वर्षों में बेरोजगारी अपने चरम पर है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चुनाव रैली में उन्होंने कहा कि जी एस टी ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है उन्होंने नोटबंदी को भी गलत बताया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शैक्षिक वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे चरणबद्द तरीके से लागू किया जाएगा एक रिपोर्ट यह छैसला दो वर्ष पूर्व मिजोरम के छिगंछिप सैनिक स्कूल में बालिकाओं को प्रवेश देने के सफल प्रवोण के बाद लिया गया है सैनिक स्कूल में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने और पर्यात संख्या में महिला कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है यह निर्णय सरकार के व्यापक समावेशन लौंगिक समानता सरास्त्र सेनाओं में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और बेटी बचाओ बेटी प्रदाओ अमियान को मजबूती प्रदान के उदेश्यों के अनुरूप है

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक अनुठी और सफल स्वास्थ्य बीमा योजना है नई दिल्ली में एशिया हेल्थ दो हजार उन्नीस में उन्होंने कहा कि इस योजना से अब तक पचास लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सरकार स्वास्थ्य देखभाल को नए आयाम देने का प्रयास कर रही है डॉ सिंह ने कहा कि यह सरकार द्वारा चलाया जा रहा विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य पचास करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरों सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन विषय पर लखनऊ के रामाधीन इंटर कॉलेज बाबूगंज में एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी है इस प्रदर्शनी का शुभारम्म कल विद्यायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया इस अवसर पर पीआईबी और आरओबी के अपर महानिदेशक आरपीसरोज सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे प्रदर्शनी में आम जनता को प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने तथा स्वच्छता और सफाई को अपनाने पर आवारित चित्रांकन किया गया है यह प्रदर्शनी आज शाम छह बजे तक लोगों के लिये निःशुल्क खुली रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद निवासी बी एस एफ के शहीद जवान विजयभान सिंह को श्रद्वाजंति अर्पित करते हुए उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कल बताया कि शहीद जवान की पत्नी को बीस लाख रूपये तथा उनकी माता को पांच लाख रूपये की सहायता दी जायेगी शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गयी है गौरतलब है कि गुरूवार को पश्विम बंगाल में अन्तराष्ट्रीय सीमा पर विवाद सुलझाने गये बी एस एफ के गश्ती दल पर सरहदपार से की गयी गोलीबारी में जवान विजयमान सिंह शहीद हो गये थे प्रदेश के संसदीय कार्य वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि राज्य में चिकित्सकों की कमी को जल्द ही पूरा किया जायेगा बरेली में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि राज्य में चिकित्सा सुविघाओं को बेहतर बनाने के लिये चौदह मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये है उन्होंने बताया कि राज्य में सरकार के आठ मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तीन हजार पांच सौ की आबादी पर एक विकित्सक है इस व्यवस्था को जल्द ही बदला जायेगा प्रदेश में ग्यारह सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान के आज अंतिम सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोक रहे हैं इक्कीस अक्तूबर को इन सीटो के लिये वोट डाले जायेंगे और चौबीस अक्तूबर को वोटों की गिनती होगी क्ल एक सौ दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि रामपुर सीट सहित कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है राज्य की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वे है लखनऊ कैण्ट सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इकला कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकूट की मानिक पुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैतपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी इनमें से तीन सीटें अनुसुवित जाति के लिए आरक्षित हैं इनमें से रामपुर और जलालपुर को छोड़कर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं इस बीच भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं रामपुर में कल विजय संकल्प जनसमा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदमाव के काम रही है पिछली सरकारों की तरह किसी का पद और जाति देखकर शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आज कानून का राज है गुंडे और अपराधियों को जेल भेजकर राज्य में अराजकता को समाप्त किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में दो लाख करोड़ का निवेश आया है जिससे बीस लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार दो लाख नयी सरकारी नौकरियां सुजित करेगी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आगे आकर विकास की प्रकिया में शामिल होने का आहवान किया मुख्यमंत्री श्री योगी ने कल अलीगढ़ और सहारनपुर में जनसमाओं को भी सम्बोधित किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ में कल पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उधर चित्रकूट में शत प्रतिशत मतदान के लिये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय और पुलिस अधीक्षक मनोज कूमार झा ने लोगों से बिना किसी के डर के स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की लखनऊ में कल हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम एस आई टी का गठन किया गया है राज्य सरकार ने देर रात लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत की अगुवाई में विशेष जांच टीम गठित करने का फैसला किया जांच टीम में लखनऊ के पुलिस अवीक्षक अपराध दिनेश पुरी और एस टी एफ के क्षेत्राधिकारी पी के मिश्र अन्य सदस्य हॉगे विदित हो कि कल लखनऊ में अज्ञात लोगों ने कमलेरा तिवारी की उनके घर में घुस कर हत्या कर दी थी पुलिस महानिदेशक ओपीसिंह ने कहा है कि सीसी टीवी फुटेज में घटना के अहम सुराग मिले है और इस मामले में जल्द ही खुलासा कर दिया जायेगा उधर श्री तिवारी की पत्नी की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है हापुड़ जनपद में थाना पिलखुआ कोतवाली में पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान कथित पिटाई से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी पिलखुआ संतोष कुमार निरीक्षक योगेन्द्र और चौकी इंचार्ज अजब सिंह तथा चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ युवक प्रदीप ठाकुर की हिरासत में मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है इस मामले में इंस्पेक्टर योगेश चौकी इंचार्ज अजब सिंह और चार अन्य पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार का अन्य सर्किल में स्थानांतरण कर दिया गया है